अमरकंटक में आज से आयोजित किया जायेगा तीन दिवसीय नर्मदा महोत्सव

सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे आज आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा और कल केन्द्रीय बजट पेश होगा

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है सर्वदलीय बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकतर सदस्यों के उन सुझावों का स्वागत किया जिनमें कहा गया था कि इस सत्र में देश की आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे यह देखें कि देश कैसे वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से लाभ उठा सकता है उन्होंने कहा कि नए साल की शुरूआत और इस बजट सत्र में यदि संसद और उसके सदस्य देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा दे पाएं तो इससे देश का सबसे अधिक भला होगा

ये सेंटर प्रदेश के आदिवासी ब्लाकों में भी खोले जाएंगे भोपाल में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बताया कि खरगौन इंदौर गुना ग्वालियर सिंगरौली रीवा दमोह सागर राजगढ़ भोपाल सिवनी जबलपुर शाजापुर और उज्जैन में मेगा स्किल सेंटर इसी वर्ष मार्च तक खोले जाएंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास से युवा बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर सकेंगे

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इन निकायों के संचालन की जिम्मेदारी के लिए प्रशासक नियुक्त किए हैं प्रशासकों में संभागीय आयुक्त कलेक्टर और राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों को संबंधित निकायों की जिम्मेदारी सौंपी गई है विभाग द्वारा कल जारी आदेश में ग्वालियर नगर निगम की जिम्मेदारी संभागायुक्त को दी गई है साथ ही खंडवा नगर निगम व बुरहानपुर नगर निगम के प्रशासक जिला कलेक्टर होंगे

इंदौर के अलावा इस योजना के लिए दिल्ली मुंबई कोलकाता चैन्नई बैंगलुरु हैदराबाद नागपुर पटना और लखनऊ का चयन किया गया है इंदौर जिले को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर लोकेष कुमार जाटव ने नगर निगम आयुक्त को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है संजीविनी क्लीनिक इंदौर के लसूड़िया मोरी में कल स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जिले की दूसरी संजीवनी क्लीनिक का शुभारंभ किया इस अवसर पर श्री सिलावट ने कहा कि संजीवनी के अन्तर्गत निशुल्क जाँच औषधि परामर्शदात्री सेवाएं टीकाकरण गर्भवती और शिश्ञों की जाँच की जायेगी इसमें संचारी और गैर संचारी रोगों का उपचार भी मिलेगा

अनुगॅज भोपाल जिले की शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों द्वारा नृत्य संगीत की भव्य प्रस्तुति अनुग्रँज का आयोजन आज रवीन्द्र भवन में होगा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे बच्चों द्वारा अनुगूँज में पंचनाद स्वर नादी मल्लारी पंचु पाण्डव मंगलम एवं एकाकार की प्रस्तुति दी जायेगी

अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ महोत्सव का श्भारंभ करेंगे

श्री ऊंटवाल का कल नई दिल्ली में ब्रेनहेमरेज के बाद निधन हो गया था उनकी पार्थिव देह देर रात आगरमालवा पंहची जहां उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किये गये रतलाम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री ऊंटवाल के अंतिम संस्कार में केन्द्रीय मंत्री थांवदचंद गेहलोत भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे

मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े बारह बजे शुरू होगा पांच मैचों की श्रृंखला में भारत ने तीन शून्य की अजेय बढ़त बना ली है भारत के लिए न्यूजीलैंड में ट्वेंटी ट्वेंटी श्रृंखला की यह पहली जीत है श्रृंखला का पांचवां और अंतिम मैच रविवार को मोंट मोंगानुई में खेला जाएगा मौसम मौसम साफ होने के साथ ही हवा का रुख उत्तरी होने से प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है भोपाल सहित राज्य के कई जिलों में ठंड का एक और दौर शुरू हो गया है

वहीं देवास जिले में टोंकखुर्द विकासखंड में शिविर लगाया जायेगा

वहीं विदिशा में भी सातों जनपदों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण कल तय हुआ